कक्षाएं और परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की अध्यक्षता में रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और टीकाकरण की समीक्षा की गई इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बचाव के सभी उपायों और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी जगह मास्क के उपयोग और शारीरिक दूरी के नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जाए मुख्यमंत्री ने होली पर्व शादी अंत्येष्टि और अन्य आयोजनों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए रोजाना जांच की संख्या बढ़ाई जाए साथ ही संक्रमितों के इलाज के लिए सभी कोविड अस्पतालों तथा आइसोलेशन सेंटरों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों के अलावा अन्य सभी सेवाओं की चाक चौबंद व्यवस्था भी की जाए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्यकर्मियों अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं साठ वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के टीकाकरण में भी तेजी लाने की बात कही बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि वे कलेक्टरों के साथ बैठक लेकर कोरोना संक्रमण के साथ ही आगामी होली पर्व के मद्देनजर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करें

कल लगभग पचहत्तर हजार लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोत्तरी होने लगी है कल बारह सौ तिहत्तर नये मरीजों की पहचान की गई इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन लाख तेईस हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में सात हजार छह सौ तिरानवे मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है कोरोना समाचार उधर राजनांदगांव जिले के ग्राम औंधी में कोरोना टीका लगवाने के लिए बुजुर्गों में उत्साह देखा जा रहा है यहां बड़ी संख्या में बुजुर्गो ने स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया वहीं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्वाओं और टीका लगवाने वाले लोगों का सम्मान किया इस मौके पर पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं इधर जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर ऐहतियात के तौर पर सावधानी बरतने के लिए होली त्योहार के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत होली मिलन समारोह सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे वहीं बलरामपुर जिला कलेक्टर ने भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली त्योहार के दौरान सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए हैं कोरिया जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए नगर पालिक निगम चिरमिरी के तीन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है इस बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की चवालीसवीं वाहिनी द्वारा राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र के ग्राम अढ़ाईकट्टा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया गया साथ ही उन्हें मास्क और सेनिटाईजर का भी वितरण किया गया इस मौके पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां बांटी केंद्रीय राज्यमंत्री बयान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दवाई के साथ साथ कड़ाई भी आवश्यक है श्री चौबे ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में दस मॉडयूलर ऑपरेशन थियेटर और पीईटी सीटी मशीन के लोकार्पण अवसर पर यह बात कही इस मौके पर उन्होंने कोरोना की जांच उपचार और टीकाकरण में एम्स के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हए कोरोना की रोकथाम के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए बताया गया है कि न्यूक्लियर मेडिसीन विभाग में लगी पीईटी सीटी मशीन की मदद से पूरे शरीर के किसी भी रोगयुक्त हिस्से का आसानी से पता किया जा सकता है यह कई रोगों की पहचान करने में भी प्रभावशाली है कैंसर रोगियों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद है वहीं मॉडयूलर ऑपरेशन थियेटर में कैंसर सहित अन्य जटिल ऑपरेशन के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं एरियर्स भुगतान राज्य सरकार ने शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत एक जुलाई दो हजार सोलह से तीस सितंबर दो हजार सोलह तक के लिए बकाया एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है इस पर लगभग तीन सौ साठ करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा इससे राज्य के एक लाख इकयासी हजार से अधिक शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे

यह राशि किसानों को चौथी किश्त के रूप में दी गई है इसे मिलाकर किसानों को एक साल में कुल पांच हजार छह सौ अट्ठाईस करोड़ रूपये की राशि आदान सहायता के रूप में दी गई है वहीं मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत एक लाख बासठ हजार से अधिक पशुपालकों और ग्रामीणों से खरीदे गए गोबर के एवज में उन्हें सात करोड़ पचपन लाख रूपये की राशि भी सीधे उनके खाते में अंतरित की इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को अब तक अठासी करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी भी वर्च्अल रूप से शामिल हुए माओवादी समाचार बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इसके पास से विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की गई है वहीं सुकमा जिले में कोंटा क्षेत्र के ग्राम मुरलीगुड़ा के पास माओवादियों ने निजी कार्य में लगे ट्रैक्टर और जेसीबी को आग के हवाले कर दिया

इस बीच सुकमा जिले के मिनपा में एक साल पहले माओवादी हमले में शहीद हुए डीआरजी और एसटीएफ के सत्रह जवानों को आज बुर्कापाल में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्वांजलि दी गई प्रसार भारती फर्जी ऑफिस मामला भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नाम से गैर कानूनी ढंग से ऑफिस चलाने और प्रसार भारती के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में गिरफ्तार अभिजीत शर्मा को न्यायालय ने पांच अप्रैल तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा पर भेज दिया है कल शाम पुलिस ने आरोपी को रायपुर की अदालत में पेश किया जहां से उसे ज्यूडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है इस बीच अनुराग देवोंगन नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि अभिजीत शर्मा ने प्रसार भारती में नौकरी लगाने के नाम पर उससे चार लाख बीस हजार रूपये लिए हैं अनुराग देवांगन राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव का रहने वाला है उसका आरोप है कि अभिजीत शर्मा ने उसे इंटरव्यू के लिए राजधानी के एक होटल में बुलाया और फिर फर्जी दस्तावेज दिखाकर उसे भरोसे में लिया हमर ग्राम सभा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे खेल समाचार राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत आज इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है

प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने इस ऐंथम में अपनी आवाज दी है